आदिवासी दिवस मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कल विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों द्वारा साहूकारों से लिये गये सभी कर्ज माफ करने की घोषणा की

श्री नाथ ने बताया कि साहूकारों से लिये गये कर्ज के लिए गिरवी रखे गये जेवर और जमीन भी उन्हें वापस की जायेंगी उन्होंने कहा कि भविष्य में इन क्षेत्रों में किसी भी साहकार को ये काम करने के लिए नियमानुसार लायसेंस लेना होगा मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार आदिवासियों को वित्तीय सुविधा के लिए डेबिट कार्ड देगी और हर हाट बाजार एटीम खोले जायेंगे उन्होंने कहा कि जिन आदिवासियों के वनाधिकार के प्रकरण खारिज हुए हैं उनका पुनरीक्षण किया जायेगा और पात्र होने पर उन्हें वनाधिकार पट्टा दिया जायेगा श्री नाथ ने मुख्यमंत्री मदद योजना का शुभारंभ किया

आदिवासी दिवस जिले प्रदेश के आदिवासी बहुल उमरिया अलीराजपुर शहडोल मंडला डिण्डोरी और झाबुआ सहित अन्य जिलों में भी विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कल विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये शिवपूरी जिले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही होनहार विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया वहीं बड़वानी जिले में शहीद भीमा नायक कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का लाईव प्रसारण किया गया मुरैना में क्षेत्रीय विधायक रघुराज कंसाना की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकम में मुख्यमंत्री के राज्य स्तरीय समारोह को उपस्थित लोगों ने देखा जबलपुर में गोंडवाना संरक्षण संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अमर शहीद राजाशंकर शाह रघुनाथ शाह की शहदत स्थली पर उनको याद किया जल अभियान स्कूली छात्र छात्राओं के बीच जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई है केन्द्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नईदिल्ली में इस अभियान की शुरुआत की मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने ये अभियान स्कूली छात्र छात्राओं के बीच जल संरक्षण की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है ताकि वे देश के सक्षम जागरूक और प्रतिबद्ध नागरिक बन सकें विभाग ने देशभर के स्कूलों में इस कार्यक्रम के अमल के लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार की है

विधि और न्याय मंत्रालय ने कल इस आशय की राजपत्र अधिसूचना जारी की संसद ने हाल ही में सम्पन्न सत्र में यह विधेयक पारित किया था इस अधिनियम में जम्मू कश्मीर को एक केन्द्र शासित प्रदेश बनाये जाने का प्रावधान है जिसकी अपनी विधानसभा भी होगी इसमें लद्दाख को बिना विधानसभा के केन्द्रशासित प्रदेश बनाने का प्रावधान है

विधि और न्याय मंत्रालय ने इस आशय की गजट अधिसूचना जारी की

केन्द्रीय संस्कृति मंत्री पृहलाद पटेल इसका शुभारंभ करेंगे

आज पहले दो विमर्श सत्र होंगे कल व्याख्यानमाला का समापन होगा मौसम बारिश पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में जारी मूसलाधार बारिश के चलते राज्य के ज्यादातर जिलों में नदी नाले उफान पर हैं और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है भोपाल में बड़े तालाब का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और जल्द ही तालाब लबालब भरने की उम्मीद है रायसेन में बेतवा नदी में बाढ़ आने से भोपाल से संपर्क ट्रट गया है

बांध से पानी छोड़े जाने के संबंध में सिवनी नरसिंहपुर होशंगाबाद रायसेन देवास सीहोर खंडवा और खरगोन जिलों में अलर्ट जारी किया गया वहीं मंदसौर में भारी बारिश के चलते आज स्कूलों और आंगनबाड़ियों में अवकाश घोषित कर दिया गया है पन्ना में दो बच्चों की स्थानीय तालाब में डूबने से मौत हो गयी है मौसम विभाग ने बताया है कि दो दिन तक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश कराने के बाद कम दबाव का क्षेत्र राजस्थान की तरफ बढ़ गया है जिससे वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है